मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नागरिकता संशोधन क़ानून मानवता के प्रति भारत की उस वचनबद्धता को दोहराता है जिसमें शरण में आये हुए व्यक्ति की रक्षा का वचन भारतीय संस्कृति देती है श्री योगी आज गोरखपुर में कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह क़ानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बनाया गया ह बल्कि इसका उद्देश्य पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करना है मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों राज्य में हिंसक घटनाओं का जिक करते हुए कहा कि जिन लोगों ने प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है उनसे इस नुकसान की भरपाई की जायेगी उन्होंने कहा कि ऐसे उपद्रवी तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश पुलिस को दिया गया है नागरिकता संशोधन कानून के बारे में विपक्षी दलों द्वारा किये जा रहे भ्रामक प्रचार के जवाब में भारतीय जनता पार्टी आम लोगों से संवाद स्थापित करेंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव ने आज अयोध्या में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पार्टी पहली जनवरी से पांच जनवरी तक अभियान चलायेगी उन्होंने कहा कि इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक लाख गांवों में पचास लाख परिवारों से सीधा संवाद कर उन्हें नागरिकता क़ानून और एनपीआर के बारे में वास्तविकता से अवगत करायेगा पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि छह जनवरी से सोलह जनवरी के बीच राज्य में वरिष्ठ नेताओं की जनसभाएं कर कांग्रेस के भ्रामक प्रचार को बेनकाब किया जायेगा उन्होने कहा कि नागरिकता संशोधन क़ानून शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है इस कानून का लक्ष्य किसी की नागरिकता छीनना नहीं है उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सीएए को लेकर देश में हिंसा और उन्माद का माहौल बना रही है आकाशवाणी लखनऊ के समाचार एकांश ने समाज के प्रबुद्ध वर्ग से सम्पर्क कर उनका सन्देश आम नागरिकों तक पहचाने की पहल की है इस पहल के तहत प्रबुद्धजन नागरिकता संशोधन कानून सीएए के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश के साथ साथ शांति बनाए रखने के लिए लोगों का आह्वान कर रहे हैं इसी कम में आज प्रसिद्ध लोकगायिका मालिनी अवस्थी ने गंगा जमुनी तहज़ीब का उल्लेख करते हुए लोगों से शांति बनाये रखने की अपील की बाइट हमारा यह देश हिन्दुस्तान एक खूबसूरत बगिया है और उस बगिया की खूबस्रती इसी बात पे है कि इसमें भांति भांति के खूबसूरत फूल लगे हैं उन खूबसूरत फूलों से इस गुलशन की रोशनी है लेकिन न जाने किसने नजर लगा दी है हमारे इस गुलशन को हमारे इस बगिया को और उसकी हसरत है कि इस बगिया को उजाड़ें और हमें ऐसी लोगों के हौसले तोड़ने हैं हमारा फर्ज है अपनी बगिया को संवारना बचाना सीएए देश में जनतांत्रिक मूल्यों पर कसौटी पे कसा हुआ बड़ी अध्ययन के बाद लाया एक ऐसा नियम है जो देश के हक में है हर देश को हक़ है जानने का उसके यहां कितने लोग हैं आखिर एक क्लास रूम का भी रजिस्टर होता है हम और आप भी अपने घर में हिसाब किताब रखते हैं यदि आप को इससे कोई आपत्ति है तो आप बेशक अपनी आपत्ति दर्ज कीजिये सवाल है प्रछिये लेकिन शांति से यह समय समझने का भी है और समझाने का कानून को अपने हाथ में लेने का नहीं केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डाक्टर महेन्द्रनाथ पांडेय ने आज लखनऊ में मोबाइल कौशल वैन कार्यकम का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत संचालित इस कार्यक्रम में राज्य की अट्ठारह मण्डलों में एक एक कौशल वैन चलाई जायेगी जो अलग अलग ज़िलों में जाकर वहां के अनस्किल्ड टायर फिटिंग वर्कस को प्रशिक्षण देकर उन्हें प्रमाण पत्र दिये जायेंगे इस अवसर पर श्री पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हर व्यक्ति तक पहुंचने वाली सोच के तहत इस कार्यकम की शुरूआत की गयी है

उन्होंने कहा कि पहले यह योजना वाराणसी मण्डल में चल रही थी और अब यह अन्य मण्डलो में भी संचालित होगी

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है

आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के फौरन बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जायेगा

प्रधानमंत्री श्री मोदी हर महीने के आख़िरी रविवार को प्रसारित होने वाले इस कार्यकम से विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते रहे हैं प्रदेश में नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर हिंसक प्रदर्शन करने और सरकारी तथा निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के विरूद्व कार्रवाई का सिलसिला जारी है पुलिस ने ऐसे लोगों के पोस्टर भी सार्वजनिक स्थानों पर लगा दिये हैं और उनकी पहचान कर सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं

उपद्रव और हिंसा में हुई क्षति का आंकलन तीस दिसम्बर तक जारी रहेगा राजधानी लखनऊ में पिछली उन्नीस दिसम्बर को हुई आगजनी और तोड़फोड़ में साढ़े चार करोड़ से अधिक रूपये के नुकसान का आंकलन किया गया है

बुलंदशहर के उपरकोट इलाके में बीस दिसम्बर को हुई आगजनी में सवा छह लाख रूपये से ज्यादा की क्षति का आकलन किया गया था जिसकी भरपाई मुस्लिम बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने ज़िलाधिकारी को चेक सौप कर की है प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है राजधानी लखनऊ कानपुर औरैया और झांसी सहित कई ज़िलों में पारा सामान्य से कई डिग्रो नीचे दर्ज किया गया है लगातार ठंड और कोहरे की वजह से न सिर्फ़ आम जनजीवन अस्त व्यस्त है बल्कि रेल सड़क और हवाई यातायात भी काफी असर हुआ है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से डिस्पैच मुजफ्फरनगर एक दशमलव सात डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा कानपुर और झांसी में कमशः दो डिग्री और दो दशमलव तीन डिग्री तापमान दर्ज किया गया राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान तीन दशमलव पांच डिग्री तथा अधिकतम तापमान चौदह दशमलव चार डिग्री दर्ज किया गया जो कि सामान्य से आठ डिग्री नीचे रहा कोहरे के कारण सड़क रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है कम दृश्यता के चलते प्रदेश में दर्जनों ट्रेने तीन से छह घंटे की देरी से चल रही है ज़िला प्रशासन को जनपदों में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने और बेसहारा लोगों को कंबल वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि कोई भी निराश्रित व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर न हो उन्होंने रैन बसेरों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं और वह स्वयं रैन बसेरों का आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में ठंड के कम होने की संभावना नहीं है वहीं पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनने के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में इक्तीस दिसम्बर से दो जनवरी के बीच बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है राज्य विधानसभा के वर्ष दो हजार उन्नीस के चौथे सत्र की आगामी बैठक इक्तीस दिसम्बर को आहूत की गई है यह जानकारी विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में दी गयी है इससे पूर्व गत छब्बीस नवम्बर को यह सत्र शुरू हआ था जो उसी दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया था इसक बाद दोबारा सत्रह से उन्नीस दिसम्बर तक इस सत्र की दूसरी बैठक आयोजित की गयी थी प्रदेश के जलशक्ति मंत्री डॉक्टर महेन्द्र सिंह ने सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी किसानों को मुहैया कराने और नहरों का रोस्टर किसानों की उपयोगिता और सुविधा के अनुसार तैयार करने का निर्देश दिया है डॉक्टर सिंह कल लखनऊ में विभाग के आलाधिकारिया के साथ नहरों की सिल्ट सफाई और विभागीय प्रगति की समीक्षा कर रहे थे जलशक्ति मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसानों का कल्याण और उनकी समस्याओं का निराकरण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इन्हें पूरा करने में कोई शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए